केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों के वृदावस्था पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिये पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक कॉलेज का नाम महर्षि भगीरथ के नाम पर रखने की घोषणा की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सिरसा प्रम्ख की पैरोल के लिए याचिका नामंजूर की

उन्होंने कहा कि सरकार देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के निवासियों को अपने घर ईद मनाने के लिए जाने हेत् हर संभव मदद मुहैया करवा रही है

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों से चल रही वंशवाद की राजनीति ने वहां के य्वाओं को आगे आकर नेतृत्व करने के अवसरों से वंचित रखा श्री मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार इन व्यक्तियों के ऐतराज़ों का भी सम्मान करती है जो फैसले के विरोध कर रहे है उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को कहा कि वे राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर सरकार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नई दिशा देने में मदद करें प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कई वीरों को भी याद किया जिन्होंने क्षेत्र में अमन और शांति के लिए अपना बलिदान दिया उन्होंने कहा कि हमने इन वीरो के सपनों को साकार करना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख द्निया के बड़े पर्यटन केन्द्र बनने का सामर्थ्य रखते है उन्होंने कहा कि सरकार नये जम्मू कश्मीर और नये लद्दाख के लिये संजीदगी से कार्य करेगी

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हये उन्होंने कहा कि इस योजना का औपचारिक तौर पर उदघाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र की स्विधा के अन्सार शीघ्र ही किया जायेगा

केन्द्र सरकार भी निधि में समान राशि का योगदान करेगी किसानों की पत्नियां भी इस कोष में अलग से योगदान करने पर तीन हजार रूपये मासिक माह की अलग पेंशन पाने के लिये पात्र है लाभार्थी कम के कम पांच साल अंशदान करने के बाद इस योजना से बाहर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों में आगामी विधानसभा चूनावों के लिये पार्टी के चूनाव प्रभारी निय्क्त किये है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर हरियाणा में चूनाव सम्बधी कार्य देखेंगे केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिह की और नित्यानंद राय दिल्ली विधानसभा के सह प्रभारी होंगे भाजपा अध्यक्ष अध्यक्ष अमित शाह ने इन नियुक्तियों की मंजूरी दी है ग्जरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का किसानों की आय को द्गनी करने का सपना साकार होगा बाज़ारवाद से निपटने के लिए किसानों को प्रकृतिक खेती अपनानी होगी जिसमें देशी गाय का सर्वाधिक महत्व है राज्यपाल आज हरसाना कलां में नई आज़ादी समिति के तत्वाधान में क्दरती खेती विषय पर आयोजित किसान सम्मेलन में उपस्थित किसानों को सम्बोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि जैविक खेती का भी खूब प्रचार किया जा रहा है जबकि जैविक खेती भी हमारी नहीं है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि उनसे ज्ड़े ओड समाज के लोग भी गांव में क्आं खोदने और जल स्त्रोतों की ख्दाई के लिए जाने जाते है जाकि एक महत्वपूर्ण कार्य है म्ख्यमंत्री आज फतेहाबाद में भगवान भगीरथ जयंती के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर म्ख्यमंत्री ने एक शिक्षण संस्थान का नाम रखने की मांग स्वीकार करते हये शहर में एक चौक का नाम महर्षि भगीरथ के नाम पर रखने की घोषणा की म्ख्यमंत्री ने कहा कि ओड़ समाज बाहुल्य गांव में एक समुदायिक केन्द्र भी बनाया जायेगा

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कन्याओं की गिनती में हई वृद्वि का जिक्र करते हये अपनी सरकार द्वारा करवायें गये कार्यो के बारे में भी बताया इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्भाष बराला राज्यमंत्री कृष्ण बेदी और सांसद सुनीता दुग्गल भी उपस्थित रहे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सिरसा प्रम्ख राम रहीम ग्रमीत सिंह की पैरोल के लिये याचिका न मंजूर कर दी है साधवी यौन शोषण मामले में रोहतक की सोनारिया जेल में सज़ा काट रहे डेरा प्रम्ख की पत्नी ने यह याचिका दाखिल की थी जिसमें डेरा प्रम्ख की मां के बीमार होने का हवाला देकर पैरोल मांगी गई थी हरियाणा उच्च न्यायालय ने जेल प्रशासन को पांच दिन में फैसला लेने का अधिकार दिया था किंत् जेल प्रशासन ने जिला सिरसा प्लिस की रिपोर्ट के आधार बनाकर उच्च न्यायालय को पैरोल न देने की सिफारिश की इस रिपोर्ट में कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया गया था और यह भी कहा गया कि डेरा प्रम्ख की मां की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेतृत्व में प्रदेश भर में बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए एक समान विकास कार्य करवाये गये है यह कार्य सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति का परिचायक है डा बनवारी लाल आज गांव बधराना व कंड में विभिन्न विकास कार्यो का उदघाटन करने के बाद जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे